संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या दो सौ अठहत्तर हुई

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी दीप जलाकर कोविड नाइन्टीन की चुनौती से लड़ने के इस अभियान में शामिल हये केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह प्रकाश जावड़ेकर डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अपने घरों में दीप जलाये राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने भी दीप जलाकर कोरोना महामारी के विरूद्व लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दुहराई राजधानी लखनऊ में रात के नौ बजते ही लोगों ने अपने घरों पर दीप जलाकर कोरोना के खिलाफ अपनी एकता प्रदर्शित की कानपुर प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर अयोध्या गौतमबुद्ध नगर मेरठ हापुड़ बरेली मुरादाबाद चित्रकूट और औरैया सहित प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने दीया मोमबत्ती टॉर्च और मोबाइल की प्लेश लाइट जलाकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपनी सामूहिक एकता का परिचय दिया

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा से भी महामारी के बारे में संवाद किया प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत की प्रधानमंत्री संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे

एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए चयनित अस्पतालों में इलाज और निजी प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के खिलाफ अभियान में प्रमुख साझेदार की तरह काम करना चाहिए केंद्रीय मंत्री ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इसमें सहयोग करें

एक रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रमुख धर्मगुरुओं से अपील की कि वे लॉकडाउन को लागू कराने में मदद दें और साथ में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को घरों के भीतर रहने को कहें राज्य के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उनसे राज्य सरकार की लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई विशेष योजनाओं के लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाने में मदद करने के साथ ही ये भी अनुरोष किया कि वो ऐसे लोगों के खाते में एक हजार रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाए सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इसके साथ ही पुष्ट संक्रमित मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ चौहत्तर तक पहुंच गई है अस्पतालों से दो सौ सड़सठ लोगों को छुट्टी दे दी गई है कोरोना वायरस से अभी तक उन्यासी लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि देश में कोरोना मामले लगभग चार दिन की दर से दोगुने हो रहे हैं अगर तब्लीगी जमात का हादसा नहीं होता तो यह दर सात दशमलव चार दिन होती

सबसे ज्यादा अट्ठावन मामले गौतमबुद्व नगर में हैं इसके बाद आगरा में सैंतालीस मेरठ में तैंतीस गाजियाबाद में तेईस लखनऊ में सत्रह और सहारनपुर में तेरह व्यक्तियों में अब तक कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित इक्कीस लोग अब तक पूरी तरह स्वस्थ भी हए हैं उधर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में तबलीगी जमात के एक हजार चार सौ निन्यानबे लोगों को चिन्हित किया गया है इनमें से एक हजार दो सौ पांच को क्वारंटीन किया गया है उन्होंने बताया कि कानून के उल्लंघन पर दो सौ पन्चानबे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बयालीस एफ आई आर दर्ज कराई गई हैं

उन्होंने आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ ही जो भी पुलिस पर हमला करने का प्रयास करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जायेगा पुलिस जब लॉकडाउन का अनुपालन कराने में सहायता ले रही हैं अधिकांश का सहयोग हमको मिल रहा है लोर्गों का कुछ जगहों पर ऐसे द्रष्टांत आये हैं जहां हमले हुए है पुलिसकर्मियों के जब उन्होंने मना किया है लोगों के बाहर निकलने से देखिये हमको लॉकडाउन सुनिश्चित कराना है यह एक आवश्यक है तो जो लोग यह कर रहे है उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करी जा रही है हम एफआईआर दर्ज कर रहे है उनके खिलाफ उनको अरेस्ट कर रहे हैं और अगर आवश्यक महसूस होगी कुछ केसेस में तो हम नेशपल सिक्योरिटी एक्ट के जैसे कड़े प्रावधानों का भी इस्तेमाल करेंगे डीजीपी श्री अवस्थी ने कहा कि लोगों को समझाने के लिए पुलिस लगातार धर्मगुरुओं और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद ले रही है केन्द्र सरकार ने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए घर में बने मास्क पहनकर निकलें स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श में लोगों को कहा कि चेहरे को मास्क से ढक कर रखें और खासतौर पर घर से बाहर निकलते समय इसे पहनकर निकलें परामर्श में कहा गया है कि संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है कुछ देशों में घर में बने मास्क से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है घर में बने मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करते हैं मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के मास्क समुदाय को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखने में सहायक होंगे इससे पहले मंत्रालय ने एक अन्य परामर्श में लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया था सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सामान की खरीददारी के लिए बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छः पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं

परिषद ने उन क्षेत्रों के लिये नई रणनीति बनाई है जहां कोविड नाइन्टीन के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों की मौजूदगी वाले स्थान और विदेशों से लाये जा रहे लोगों को रखने के केन्द्र शामिल हैं अनुसंधान परिषद ने कहा है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में जुखाम जैसी बीमारियों की भी निगरानी की जाएगी